रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी थे राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्व क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिकों और अधिकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली

काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन ग्लेंशियर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य क्षेत्र है जहां सैनिकों को कड़ाके की ठंड के साथ तेज हवाओं से भी जूझना पड़ता है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभी तक लागू नहीं करने वाले पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों को वह पत्र लिखेंगे नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल ओडिशा और दिल्ली में अभी तक यह योजना शुरू नहीं हुई है इस योजना के तहत कमजोर वर्गों के सभी परिवारों को इलाज के लिए हर वर्ष पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है उन्होंने बताया कि वे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को यह योजना लागू करने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे

प्रधानमंत्री जी का सपना है कि तब तक देश में डेढ़ लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स क्रियेट होने चाहिए

उसकी ठीक से मॉनिटरिंग करें रवि शंकर प्रसाद ने आज कानून और न्याय मंत्री का पदभार संभाला मीडिया के साथ बातचीत में उन्होने कहा कि कानूनी पहुंच कानूनी सहायता और बुनियादी ढांचा न्याय वितरण में तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के साथ प्रोद्योगिकी तालमेल की मदद से उनका मंत्रालय कानूनी पहुंच को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा उधर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज महिला और बाल विकास मंत्री का अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मामलों के मंत्री और रेणुका सिंह ने जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में राव इन्द्रजीत सिंह ने केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया श्री सिंह के पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मौजूदा सरकार में कैबिनेट रैंक दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ऐसा किया गया है उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की थी ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा और यात्रा सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है आज नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाएं सभी डीटीसी बसों कलस्टर बसों और मेट्रा में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीटीसी और मेट्रो के अधिकारियों को एक विस्तृत प्रस्ताव देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है कि इसे कैसे और कब लागू किया जा सकता है दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को छह सप्ताह क लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को अमरीका और नीदरलैंड की यात्रा की अनुमति दी है लेकिन लंदन जाने की अनुमति नहीं दी है न्यायालय ने वाड्रा को अपने यात्रा कार्यक्रम का ब्यौरा प्रस्तुत करने को भी कहा है वाड्रा पर लंदन में सम्पत्ति खरीद के एक मामले में धनशोधन के आरोप हैं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

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भागदारी सुनिश्चित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिये पूरी तरह समर्पित है और इसके लिये जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बाइकर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह यात्रा करेंगी

दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये यात्रा महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में और जागरुकता पैदा करेगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरूणाचल में उग्रवादी हमले में शहीद हुए आगरा के अमित चतुर्वेदी को भावभीनी श्रद्वाजंलि दी है उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिये अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस सपूत को हमेशा याद किया जायेगा आगरा के कागारौल क्षेत्र में बीसलपुर निवासी शहीद को आज हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई इस अवसर पर स्थानीय सांसद विधायक और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से सामान्य जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और तापमान अधिकांश स्थानों पर चालीस से पैंतालीस डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है इस बीच कुछ स्थानों पर हुई हल्की वर्षा और धूलभरी आंधियों के चलते तापमान में कमी आई है मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी तेज आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है साथ ही कुछ स्थानों पर गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा

उच्च आर्द्रता और तापमान के चलते लोगों को बेहद परेशानी हो रही है इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर गोंडा और कई अन्य स्थानों पर हुई हल्की वर्षा और धूल भरी आंधियों से लोगों को कुछ राहत मिली है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव